चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री विद्यार्थियों से तनावमुक्त रहने के गुर साझा करेंगे आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि है इस वर्ष कार्यक्रम का चौथा संस्करण होगा और इसे ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज कांगड़ा जिले के नगरोटा सूरियां में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के उदघाटन व शिलान्यास करेंगे इनमें सरकारी डिग्री कॉलेज नगरोटा सूरियां भवन का उदघाटन शामिल है इसके अलावा मुख्यमंत्री नगरोटा सूरियां में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे बाद दोपहर मुख्यमंत्री का शिमला लौटने का कार्यक्रम है खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कल वारछू नाले व करयाल खडड पर बनने वाले पुलों की आधारशिला रखी इस अवसर पर एक जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र में बुनियादी मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना सरकार की प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि इन पुलों को विभिन्न संपर्क मार्गो से जोड़ने का भी प्रयास किया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्र का विकास सुनिश्चित हो सके उन्होंने युवाओं से मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का लाभ लेने का आग्रह भी किया

पिछले साल कोविड महामारी के कारण अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई थी हालांकि इस वर्ष भी कृष्ठ राज्यों में कोविड संकमण के मामले बढने की खबरें हैं इसलिए यात्रा के दौरान कोविड के मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा श्री अमरनाथ तीर्थ बोर्ड ने कहा है कि प्रातः और संध्या की पूजा और आरती का ऑनलाइन प्रसारण होगा

दिव्य हिमाचल और दैनिक सेवरा टाईम्स लिखता है हिमाचल में नगर निगम चुनावों का बजा बिगुल फतेहपुर में फतह के लिए सरकार कृपाल शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है जयराम ने दिया संकेत उप चुनाव के लिए कृपाल परमार होंगे भाजपा का चेहरा परमार की सभी मांगों को मुख्यमंत्री ने पूरा किया

पंजाब केसरी की एक खबर है निजी स्कूलों पर नकेल कसने के लिए बजट सत्र में संशोधन विघेयक लाने की तैयारी